देहरादून में समाजसेवी भवान सिंह की अनूठी मुहिमपहले कूड़ादान फिर कन्यादान अभियान चलाकर शादी वाले घरों में वितरित कर रहे कूड़ादान स्लग प्रधानमंत्री एनसीसी शिविर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारत एक शांति प्रिय देश है लेकिन विपरीत स्थिति में किसी भी कीमत पर अपनी सीमाओं की रक्षा करने का संकल्प और दमखम रखता है आज नई दिल्ली में एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर के समापन परेड को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय सेना देश के द्श्मनों को करारा जवाब दे रही है प्रधानमंत्री ने कहा कि एनसीसी कैडेट स्वच्छ भारत अभियान जैसी विभिन्न योजनाओं के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं उन्होंने केरल बाढ़ के दौरान राहत कार्यों में एनसीसी कैंडेटों के योगदान की सराहना की उन्होंने कहा कि युवाओं के सपने पूरा करने के लिए सरकार भरपूर प्रयास कर रही है इससे पहले थलसेना नौसेना और वायुसेना के कैडटों ने प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जिसके बाद टुकड़ियों ने मार्चपास्ट किया प्रधानमंत्री ने सर्वश्रेष्ठ कैडटों को विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार भी प्रदान किए

स्लग परीक्षा पर चर्चा प्रधानमंत्री परीक्षा पर चर्चा की दूसरी कड़ी में कल देश भर के विद्यार्थियों के साथ बातचीत और अनुभव साझा करेंगे प्रधानमंत्री विद्यार्थियों शिक्षकों और अभिभावकों के साथ चर्चा करेंगे कि कैसे बच्चे बिना किसी दबाव और तनाव के परीक्षा दे सकते हैं मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि ये एक वैश्विक कार्यक्रम होगा उन्होंने बताया कि इसमें दक्षिण पूर्व एशिया और रूस सहित विभिन्न देशों के विद्यार्थी भाग लेंगे और कार्यक्रम का प्रसारण भी कई देशों में होगा आकाशवाणी और द्रदर्शन से इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण कल सुबह ग्यारह बजे किया जायेगा

साथ ही नेत्र चिकित्सालय को हंस फाउंडेशन द्वारा उपलब्ध कराए गए उपकरणों का भी लोकार्पण किया

जल्द ही इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जायेगा हल्द्वानी में राज्य कर विभाग की ओर से आयोजित जीएसटी कार्यशाला में वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने व्यापारियों की समस्याओं को सुना और उनके समाधान का आश्वासन दिया कार्यशाला में व्यापारियों ने जीएसटी जमा करने में आ रही दिक्कतों को भी वित्त मंत्री के सामने रखा कार्यशाला में राज्य कर विभाग के अधिकारियों ने व्यापारियों को जीएसटी के सरलीकरण की जानकारी दी गौरतलब है कि व्यापारियों को ई वे बिल और जीएसटी में आ रही तकनीकी दिक्कतों के लिए प्रदेश भर में कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है स्लग चम्पावत दुर्घटना चम्पावत जिले के बाराकोट में रविवार को हुई सड़क दुर्घटना में एक मृतक का शव देखने के बाद उनके पिता की भी हृदय गति रुकने से मृत्यु हो गयी मिर्तोली निवासी कृष्ण चन्द्र के शव को देखकर उनके पिता हेम चंद्र सदमे में आ गए

वहीं क्षेत्रीय विधयक पूरन फर्त्याल ने बताया कि सरकार द्वारा घायलों को हर सम्भव सहायता दी जा रही है इस हादसे के बाद पूरे क्षेत्र में मातम का माहौल है लोगों का कहना है कि अधिकतर मृतक गरीब परिवार के थे और परिवार में अकेले कमाने वाले थे

इस प्रकार का प्रशिक्षण उनके तन और मन को तरोताजा रखने में मदद करता है औली में आईटीबीपी का एक विशेष प्रशिक्षण केंद्र है जो आईटीबीपी और अन्य पुलिस बलों को पर्वतारोहण स्कीइंग और राफ्टिंग में प्रशिक्षित करता है इसके अलावा संस्थान हर साल अंटार्कटिका अभियान समूहों के वैज्ञानिकों और अन्य सदस्यों को भी यात्रा से पूर्व प्रशिक्षण देता है

इसी कारण इन शूरवीरों को हिमवीर कहा जाता है

भवान सिंह पहले कूड़ादान फिर कन्यादान मुहिम चलाकर देहरादून में लोगों को जागरूक कर रहे हैं देहरादून में एक शादी समारोह में पहुंचे भवान सिंह ने लोगों को घर में ही मौजूद गत्ते और टीन के खाली कनस्तरों से कूड़ादान बनाना सिखाया उसके बाद दुल्हन और अन्य लोगों को ये कूड़ेदान वितरित किये

शादी विवाह जैसे उत्सवों पर अकसर देखने में मिलता है कि लोग स्वच्छता के प्रति उदासीन हो जाते हैं थर्माकोल के गिलास और प्लेट पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाते है इसलिये इंजीनियर भवान सिंह ने अपनी इस स्वच्छता मुहिम के लिये खास तौर से शादी विवाह जैसे परिवारों को ही चुना भवान सिंह घूम घूम कर शादी विवाह वाले स्थानों का पता लगाते हैं फिर लोगों को कन्यादान की ही तरह कूड़ेदान की भी अहमियत समझाते हैं

उन्होंने बताया कि स्थायी पुल का निर्माण भी निर्धारित समय में कर लिया जाएगा स्लग लोक कलाकार दिल्ली गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली के लाल किला मैदान में आयोजित भारत पर्व में उत्तराखण्ड के हस्तशिल्प लोक संस्कृति और खान पान को प्रदर्शित किया गया साथ ही गणतंत्र दिवस परेड में उत्तराखण्ड राज्य की झांकी अनासक्ति आश्रम को भी समारोह स्थल पर प्रदर्शित किया गया महोत्सव में मुख्य आकर्षण लाइव फूड डिमोन्सट्रेशन रहा जिसमें उत्तराखण्ड के पारम्परिक व्यंजनों जैसे भट्ट का हलवा नन्दा थाली झंगोरें की खीर आदि को शेफ ने तैयार किया भारत पर्व में आये दर्शकों ने पारम्परिक व्यंजनों का खूब लुत्फ उठाया स्लग द्र्घटना घायल उपचार वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल पहुंचकर चम्पावत जिले में हई दुर्घटना के घायलों का हालचाल जाना गंभीर रूप से घायल लोगों को चंपावत से हेलीकाप्टर की मदद से हल्द्वानी लाया गया जहां सुशीला तिवारी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है वित्त मंत्री ने अस्पताल प्रशासन को प्राथमिकता के आधार पर घायलों को बेहतर सुविधाए उपलब्ध कराने के निर्देश दिये

घायलों को एयर एम्बुलैस के जरिये एम्स के लिए रवाना किया गया